वे इस दौरान विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलों से मी मिली इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश में हुई उल्लेखनीय प्रगति का भी जिक किया

मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ये शिविर ग्राम सेवा सहकारी समिति या अटल सेवा केन्द्र पर आयोजित होंगे

उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय शिविरों का आयोजन जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में किया जायेगा श्री गुप्ता ने बताया कि ग्राम स्तर पर ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविरों का आयोजन एक जून से शुरू होगा

श्री अहीरों कल नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के आपराधिक कानून में लैंगिक न्याय विषय पर ्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि जनभावना को ध्यान में रखते हुए सरकार हाल ही में कानूनी संशोधन के लिए अध्यादेश लेकर आयी है जिससे महिलाओं के खिलाफ अपराधों से सख्ती से निपटा जा सकेगा उन्होंने कहा कि यह अपराधियों के लिये प्रतिरोधक की तरह काम करेगा और दोषियों के मन में भय पैदा होगा

वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार ने बताया कि सबसे अधिक रोजगार देने वाली यह कंपनियां उन लोगों की पहचान करेंगी जिन्हें मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण की आवश्यकता है

श्री कुमार ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष में में छह दशमलव छह प्रतिशत रही और मौजूदा वित्त वर्ष में इसके साढ़े सात प्रतिशत रहने का अनुमान है

ये विद्यालय निझंर पाछुडाला और हरिकिशनपुरा के है

उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नही किया जायेगा

वहीं गडरिया वास में निर्माणाधीन भवन में काम कर रही महिला श्रमिक की ऊंचाई से गिरने से मृत्यु हो गई बीकानेर के कोलायत में करंट लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई